सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा में हई सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा के लिये अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिये पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति ए के सीकरी को निय्क्त किया हरियाणा में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं मे उत्साह चुनाव आयोग ने मतदाताओ की सुविधा के लिये वोट एसिस्टेंट ऐप लांच किया आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

सर्वोच्च न्यायालय ने आठ अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि प्रति विधानसभा क्षेत्र में वीवी पैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान एक पोलिंग बूथ से बढ़ाकर पांच पोलिंग बूथ किया जाये आंधप्रदेश के म्ख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने नेतृत्व मे विपक्षी नेताओं ने उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने की अपील करते हये कहा कि मिलान के लिये पांच पोलिंग बूथ भी काफी नहीं है यह याचिका जरूरी सुनवाई के लिये मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई और न्यायधीश दीपक ग्प्ता की अध्यक्षता वाली पीठ को दी गई है याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश ह्ये वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मन् सिंघवी ने पीठ से अपील की है कि अगले हफते समीक्षा याचिाक पर सुनवाई की जाये पीठ ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि इस मामले पर अगले हफते सुनवाई की जायेगी सर्वोच्च न्यायालय में सिविल जज ज्नियर डिवीजन की मुख्य परीक्षा के लिये अपनाई गई मुल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायमूर्ति एक के सीकरी को नियुक्त किया है

पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति सीकरी इस बार पर गौर करेंगे कि मुल्यांकन स्वीकार्य था या नहीं और अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगे न्यायमूर्ति दीपक ग्रप्ता की पीठ ने भी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह न्यायमूर्ति सीकरी को उत्तर प्स्तिकायें सौंपे

भारत मानक ब्यूरो ने उपभोक्ताओं को अक्षय तृतीया के अवसर पर आभ्षणों की खरीददारी के समय सावधान रहने को कहा है

उन्होंने कहा कि तीनों कैरेटस के आभूषणों पर हॉलमार्क के निशान के साथ आभूषण विक्रताओ का निशान भी होता है

उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों के सवाल भी दिये और उन्हें जनता को जागरूक करने मे मदद करने का आहवान भी किया

आकाशवाणी ने आज विभिन्न पार्टियों दवारा किये जा रहे च्नाव प्रचार के बीच मतदाताओं में बातचीत की पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा

हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा की कई सीटों पर इस बार मुकाबला रोचक है अगर क्छ मुख्य लोकसभा क्षेत्रों की बात कर सब की निगाहें हिसार करनाल और रोहतक आदि सीदों पर लगी है तो हिसार में मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है यहां पूर्व उप प्रधानमंत्री जन नायक चौधरी के पौत्र द्वष्यंत चौटाला भजन लाल के पौत्र भव्या बिश्नोई और सर छोट् राम के पौत्र बिजेन्द्र सिंह च्नाव लड़ रहे है यहां जन नायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ा म्काबला है

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन के कहा कि हरियाणा चुनाव आयोग ने राज्य के मतदाताओं की सुविधा हेतु गूगल एसिस्टेंट की तर्ज पर वोट एसिस्टेंट ऐप लांच किया है

इस ऐप की सहायता से मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में नाम भाग नम्बर वोटर क्रमांक तथा उम्मीदवारों संबंधी सभी जानकारी प्राप्त होगी इसके अतिरिक्त इस ऐप पर मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लगी लाइन की भीड़ के बारे में जानकारी भी मिलेगी जिससे मतदाता अपनी स्विधान्सार मतदान कर सकेंगे उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप मतदाता को मतदान करने के लिए बार बार याद दिलाएगा और मतदान के बाद रिमाईडर स्वतः ही बंद हो जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ऐप को कोई भी व्यक्ति एंड्रायड फोन पर ग्गल प्ले स्टोर से डॉऊनलोड कर सकता हैं इस पर उम्मीदवार के शपथपत्र सहित अन्य दस्तावेजों भी उपलब्ध होंगे और उम्मीदवार के आपराधिक व अन्य रिकार्ड की जानकारी प्राप्त होगी मतदाता इन दस्तावेजों का विशलेषण कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा इसके अलावा ऐप से मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र के स्थान व रास्ते की जानकारी भी मिलेगी आज विश्व भर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर उन्नीस सौ तिरानवे में यूनेस्कों महासम्मेलन की सिफारिश पर यह दिन मनाने की घोषणा की थी इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषया है लोकतंत्र के लिये मीडिया द्वष्प्रचार के समय में पत्रकारिता और चूनाव इस मौके पर देश भर मे आयोजित कार्यक्रमों में मीडिया के समक्ष आने वाली चुनौतियो और शांति व सांमजस्य बनाये रखने मे इस दिवस के महत्व पर चर्चा की गई

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व बहलतावाद की नींव को मजबूत बनाने में बड़ी जिम्मेवारी है हरियाणा में आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कियागया अम्बाला छावनी में एस डी विदया स्कूल में बच्चों ने लोगों तक समाचार पहंचाने के लिये होने वाले काम पर एक लघ् नाटिका भी पेश की इस मौके पर प्रेस की आज़ादी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया

आज भी हरियाणा में कई जगह हल्की बारिश होने की खबर है मौसम विभाग के अनुसार पेहवा नारायणगढ़ करनाल करनाल कैथल असंध छछरौती सढौरा नीलोखेड़ीथानेसर रादौर आदि क्षेत्रों मे हल्की बारिश हुई